दसवीं बारहवीं परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज जारी कर दिए गए दसवीं में करीब तिहत्तर प्रतिशत और बारहवीं में अटहत्तर प्रतिशत से अधिक बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने परीक्षा परिणाम जारी किए आज जारी प्रावीण्य सूची के अनुसार बारहवीं की परीक्षा में मुंगेली जिले के टिकेश वैष्णव पहले स्थान पर रहे टिकेश ने संतावने दशमलव आठ शून्य प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं वहीं रायपूर की श्रेया अग्रवाल ने दूसरा और बिलासपुर जिले की तन यादव ने तीसरा स्थान हासिल किया है वहीं दसवीं की परीक्षा में भी मुंगेली जिले की प्रज्ञा कश्यप ने पूरे सौ प्रतिशत अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है वहीं बेमेतरा की प्रशंसा राजपूत निन्यानवे फीसदी से अधिक अंको के साथ दूसरे स्थान पर और बालोद जिले की भारती यादव अंठानवे प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही हैं परिणाम घोषित करने के साथ ही दसवीं और बारहवीं परीक्षा की प्रावधिक प्रावीण्य सची भी जारी कर दी गई है बारहवीं की प्रावीण्य सूची में सोलह और दसवीं की प्रावीण्य सूची में बयालीस विद्यार्थियों के नाम शामिल हैं दसवी और बारहवी के परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है मंडल की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू सीजीबीएसई डॉट एनआईसी डॉट इन या डब्ल्यू डब्ल्यू रिजल्ट्स डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन पर विद्यार्थी अपने परिणाम देख सकते हैं परिणाम जारी करने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने सफल विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दीं साथ ही उन्होंने असफल विद्यार्थियों से कहा कि वे दोबारा मेहनत करें तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी राज्यपाल अनुसईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को अपनी श्रमकामनाए दी हैं साथ ही उन्होंने परीक्षा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकने वाले विद्यार्थियों को भी बिना निराश हुए धैर्य और मेहनत के साथ निरंतर अध्ययन करने को कहा है

स्वास्थ्य विमाग के अनुसार इनमें से सबसे अधिक नौ नौ मरीज बलरामपुर और राजनांदगांव से मिले हैं वहीं जांजगीर चांपा और सरगुजा जिले से छह छह रायगढ़ से पांच और राजधानी रायपुर से तीन कोरोना पॉजीटिव मरीज पाए गए हैं इस तरह अब प्रदेश में कोरोना के आठ सौ से अधिक सक्रिय मामले हैं वहीं चौदह सौ सतासी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं जबकि प्रदेश में कोरोना से अब तक बारह लोगों की मौत हो चुकी है राज्य में अब तक मिले कुल मरीजों का आंकड़ा चौबीस सौ को पार कर गया है राजनांदगांव शहर में आज ्कोरोना संक्रमण के नौ नए मामले पाए गए हैं ये सभी लखौली के रहने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन मरीजों को पेण्ड्री के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है इससे पहले राजनांदगांव के ही रहने वाले कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग की कल एम्स रायपुर में मौत हो गई इस मरीज को दो दिन पहले ही राजनांदगांव के पेण्ड्री अस्पताल से एम्स में भर्ती कराया गया था मृतक के परिजन भी पॉजीटिव पाए गए हैं जिनका इलाज चल रहा है वहीं रायपुर में जो तीन नये मरीज मिले हैं वे एक थाना प्रभारी के परिवार के हैं जानकारी के मुताबिक यह मामला पुरानी बस्ती थाने का है इस थाने के टीआई के तीन परिजन बीते कुछ दिनों पहले ही विंहार से रायपुर लौटे थे जिसके बाद वे सभी होम क्वारेंटाइन थे कोरोना जांच रिपोर्ट में इन तीनों में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई इसके बाद एहतियात बरतते हुए पुरानी बस्ती थाने को सील कर दिया गया है इस थाने का कामकाज संमालने की संयक्त जिम्मेदारी फिलहाल तीन थानों आजाद चौक डीडी नगर और टिकरापारा को दी गई है इसके साथ ही पुरानी बस्ती थाना प्रभारी सहित थाने में पदस्थ सभी पुलिसकर्भियों को क्वारेंटाइन कर दिया गया है

इनमें से दो मरीज नायकबांधा गांव के और एक मरीज अमनपर का रहने वाला है कुछ दिन पहले ही अमनपर क्षेत्र में संचालित सभी सैलून संचालकों के नमूने कोरोना जाँच के लिए भेजे गए थे जिनमें से इन तीनों की रिपोर्ट पॉजीटिव आई है जांजगीर चांपा में जो छह नए मरीज पाए गए हैं उनमें मालखरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का एक लैब टेक्नीशियन भी शामिल है अब तक भिली जानकारी के मुताबिक कई अन्य स्वास्थ्यकर्मी इस लैब टेक्नीशियन के संपर्क में आए थे जिन्हें क्वारेंटाइन किया जा रहा है वहीं रायगढ़ जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएन केशरी ने बताया है कि जिले में आज पाए गए पांच कोरोना पॉजीटिव मरीज सारंगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं इधर कोंडागांव जिले में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है इस बीच आईटीबीपी के जो दो जवान संक्रमित हुए थे वे भी आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए इस तरह जिले में अब कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है इस बीच प्रदेश में बीती रात तक छियालीस नये मरीज मिले थे जबकि छियासठ मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था

यह आदेश राज्य विधानसभा के अपर सचिव ने जारी किया है ैजैसी कि खबर दी जा चुकी है विधानसभा सचिवालय में कल एक बैठक हुई थी इस बैठक में शामिल एक कांग्रेस विधायक कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं जिसके बाद सतर्कता बरतते हुए विधानसभा सचिवालय को बंद रखने का निर्णय लिया गया इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने बीते सात जून और दस जून को इंडिगो और विस्तारा के विमान से नई दिल्ली से रायपुर लौटने वाले यात्रियों से क्वारेंटाइन रहने की अपील की है इन दोनों विमानों में यात्रा करने वाले एक एक यात्री कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं स्वास्थ्य विमाग ने इन विमानों से लौटने वाले यात्रियों से सुरक्षा की दृष्टि से पेड क्वारेंटाइन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है साथ ही पेड क्वारेंटाइन के बाद चौदह दिनों तक होम क्वारेंटाइन रहने को भी कहा गया है इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर के अलावा किसी अन्य एयरपोर्ट पर उतरकर ट्रेन बस या अन्य साधनों से छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले अन्य यात्रियों से भी क्वारेंटाइन रहने की अपील की है सभी यात्रियों से हेल्पलाइन नंबर एक शुन्य चार पर अपने बारे में जानकारी दर्ज कराने को कहा गया है

यह प्रस्कार पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लाग करने में सचना तथा संचार तकनीक के प्रभावी उपयोग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिया जाता है इसके अलावा पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता दक्षता और जवाबदेही लाने आईसीटी के उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को बघाई दी है भाजपा वीडियो कॉन्फ्रें सिंग सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा प्रदेशभर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाए आयोजित की जा रही हैं इसी कड़ी में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बेमेतरा जिले के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के नेतृत्व में अनेक ऐसी उपलब्धियां हासिल की गई हैं जिस पर देश को गर्व है श्री साय ने कहा कि किसानों के लिए एक देश एक बाजार की नीति घोषित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है सभा को पूर्व मंत्री प्रन्नूलाल मोहिले ने भी संबोधित किया श्री मोहिले ने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की उन्होंने कहा कि मूपेश सरकार बिना वजह केन्द्र सरकार पर आरोप लगाने की बजाय ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें रथयात्रा आज भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा है इस वर्ष कोरोना संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के मंदिरों में धार्मिक आयोजन के दौरान विशेष एहतियात बरती गई इसके तहत आज अनेक स्थानों में रथयात्रा नहीं निकाली गई हालांकि मंदिरों में पूजा अर्चना की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हए श्रद्वालुओं को भगवान जगन्नाथ के दर्शन की अनुमति दी गई उधर जगदलपुर में बस्तर गोंचा महापर्व सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से प्रशासन ने सशर्त एक ही रथ चलाने की अनुमति दी थी वहीं दूर्ग स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी रथयात्रा की रस्म अदा की गई रथ को मंदिर परिसर से बाहर नहीं निकाला गया और केवल पूजारियों तथा सेवकों की उपस्थिति में पूजा अर्चना की गई इसी तरह राजनांदगांव में भी भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा नहीं निकली और भक्तों को दूर से ही भगवान के दर्शन की अनुमति दी गई थी मौसम बीते चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा इसके चलते नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए कई जलाशयों के गेट खोल दिए गए हैं राजनांदगांव जिले में शिवनाथ नदी पर बने मोंगरा बैराज से तीन हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है दो दिनों से हो रही बारिश के कारण यह बैराज करीब तैंतीस प्रतिशत भर चुका है शिवनाथ नदी में लगातार बढ रहे जलस्तर को देखते हुए तटीय गांवों में मुनादी करा दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है साथ ही दूर्ग में बीते छत्तीस घंटों से लगातार हुई बारिश के कारण शिवनाथ नदी पर स्थित एनीकट भी लबालब भर गया है एनीकट के ढाई फीट ऊपर से पानी बह रहा है इसी प्रकार दर्ग कोटनी मार्ग पर शिवनाथ नदी पर बना रपटा जलमग्न हो गया है इस वजह से इस मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है वहीं धमतरी जिले के गंगरेल बांध से भी पानी छोड़ने का सिलसिला जारी किया है धमतरी शहर के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है महासमुंद जिले में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से जिला आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने को कहा गया है इस बीच मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है जबकि राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा और उसके आसपास के क्षेत्र में एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है साथ ही उत्तर पश्चिम राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका भी सक्रिय है इसके असर से प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी रहेगा हज यात्रा केन्द्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सउदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि हज के लिए कुल दो लाख तेरह हजार आवेदन प्राप्त हुए थे उन्होंने कहा कि आवेदकों को बिना किसी कटौती के पूरी रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है

वहीं लॉकडाउन में छट मिलने के बाद प्रदेश में पंदह सौ से अधिक छोटे बड़े कारखानों में काम शुरू हो गया है जिससे लगभग एक लाख दस हजार मजदूरों को रोजगार मिला है यह जानकारी श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने दी है उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की वापसी के लिए कारगर रणनीति बनाकर काम किया गया जिससे मजदूरों की उनके गृह राज्य में सकूशल वापसी हुई है उन्होंने बताया कि इन मजदूरो को राशन देने और आर्थिक मदद देने की व्यवस्था भी की जा रही है प्रयास विद्यालय प्रवेश प्रदेश में प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा की तिथि में संशोधन किया गया है संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रयास आवासीय स्कूलों में कक्षा नवमीं में प्रवेश के लिए चौदह जुलाई को सुबह साढ़े दस बजे से परीक्षा शुरू होगी इसी प्रकार एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलो में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए अब सोलह जुलाई को सुबह साढ़े दस बजे से परीक्षा आयोजित की जाएगी जयसिंह अग्रवाल प्रभार राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल को गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार यह प्रभार तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा उल्लेखनीय है कि श्री अग्रवाल वर्तमान में दंतेवाड़ा सुकमा और बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं कृषि उत्पादन आयुक्त बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने प्रदेश में खेती किसानी को और अधिक विकसित करने को लिए आगामी तीन सालों की कार्ययोजना बनाकर काम करने को कहा है डॉक्टर गीता ने आज दूर्ग में अधिकारियों की एक बैठक लेकर कृषि कार्यों की समीक्षा की उन्होंने बायो फोर्टिफाइड धान जैसे नवाचार और हार्टिकल्चर फसलों को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ ही किसानों को साल में तीन फसलें लेने के लिए तैयार रहने को कहा है कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि दलहन के रकबे में बढ़ोत्तरी के साथ ही खेती किसानी में यंत्रो के अधिक उपयोग की दिशा में भी प्रयास होने चाहिए उन्होंने गौठानों को भी ग्रामीण आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित करने की जरूरत बताई संक्षिप्त समाचार भारतीय जन संघ के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अभित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी को अपनी श्रद्वांजलि अर्पित की है रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है नारायणपुर जिले में ओरछा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटटेकाल के जंगलों में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने माओवादियों के एक कैम्प को ध्वस्त किया है यहां से भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद आईईडी और रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए हैं पदम विभूषण पदम भूषण और पदमश्री पुरस्कार के लिए पात्र व्यक्तियों से दस अगस्त तक नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं आवेदन रायपुर के कलेक्टोरेट परिसर स्थित महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी को भेजा जा सकता है जिला कार्यक्रम राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित गाजमर्रा के जंगलों में जंगली सुअर पकड़ने की कोशिश के दौरान बिजली का करंट लगने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई मूंगेली जिले में अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से विभिन्न योजनाओं के तहत स्व रोजगार के लिए तेरह जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं